विजयादशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयादशमी पर रावण का वध किया था देश भर में इस अवसर पर विशेष आयोजन में रावण मेघनाद और कुम्भकर्ण के पुतले जलाए गये इस अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित विजयादशमी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का संकल्प लेने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि भारत में त्योहार हमारे मूल्यों शिक्षा और सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं त्योहार हमें एकजुट कराते हैं और ऊर्जा उत्साह तथा नए सपने पैदा करते हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले नौ दिनों में हमने माँ दुर्गा की पूजा की है इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हमें हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं पटना के गांधी मैदान सहित प्रदेश के अलग अलग भागों में आयोजित कार्यक्रम में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का प्रतला दहन किया गया पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे पटना में भीषण जल जमाव के कारण इस बार रावण वध समारोह को सादगी के साथ मनाया गया माँ दूर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही आज नौ दिवसीय नवरात्रि समारोह सम्पन्न हो गया घरों और विभिन्न पूजा पंडालों में नौ दिनों से स्थापित कलश का भी विसर्जन किया जा रहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर इस बार गंगा घाटों पर बने अस्थायी तालाबों में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज कड़ी सुरक्षा के बीच देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं नदी घाटों पर गोताखोरों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बचाव दल के सदस्यों की तैनाती की गयी है गया शहर स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर के प्रांगण में विजयादशमी के अवसर पर बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी इस वर्ष नवरात्र के दौरान रिकार्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में माता का दर्शन किया वैष्णो देवी बोर्ड को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि उनतीस सिंतबर से सात अक्तूबर के दौरान तीन लाख चौंसठ हजार से अधिक श्रद्धालु मंदिर आए गंगा पुनपुन महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पन्द्रह जिलों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है लेकिन यह अब भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है पुनपुन के उफान के कारण पटना सदर पुनपुन धनरूआ पालीगंज संपतचक और फुलवारीशरीफ प्रखंड की पच्चीस पंचायतों के एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं पटना सहित प्रदेश के बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं पटना के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के एक हजार से अधिक मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है अन्य जिलों में भी सैंकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच और एनएमसीएच में दस से बारह अक्तूबर तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध गुरूवार से समाप्त हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने घाटी में दो अगस्त को जारी किया गया पर्यटक परामर्श दस अक्टूबर से वापस लेने का फैसला किया है परामर्श में पर्यटकों को आतंकी खतरे के मद्देनजर घाटी से चले जाने को कहा गया था कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए वर्ष दो हजार बाईस तक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना कर साठ अरब डालर किया जायेगा श्री तोमर ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्तमान में करीब तीस अरब डालर का कृषि उत्पाद निर्यात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य मंत्रालय इस दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है और निर्यात को बढाने के लिए नये नये क्षेत्र खोजे जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाये जाने का स्वागत किया है

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ इसके लिए मन बनाया निर्णय किया और अकेले नहीं किया राज्यसभा में लोकसभा में और भी दलों का सहयोग लेकर दोनों जगह इसको बहुमती से उन्होंने किया श्री भागवत ने कहा कि सरकार के कड़े उपायों से आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं उन्होंने लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी श्री भागवत ने कहा कि आरएसएस उन लोगों का समर्थन नहीं करता है जो संविधान विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं गंगा नदी से सम्बद्ध विभिन्न पक्षों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन इस महीने की दस तारीख से शुरू होगा जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया है कि गंगा आमंत्रण अभियान अगले महीने की ग्यारह तारीख तक चलेगा नमामि गंगे के तहत आयोजित यह अभियान देव प्रयाग से शुरु होगा और गंगा सागर में सम्पन्न होगा इस दौरान बिहार उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ढाई हजार किलोमीटर से अधिक भाग में खोज अभियान चलाया जाएगा भारतीय वायु सेना आज अपनी स्थापना की सतासीवीं वर्षगांठ मना रही है इस अवसर पर गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना केन्द्र पर भव्य परेड और फ्लाईपास का आयोजन किया गया समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थानों कारखानों और व्यवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा श्री जावड़ेकर ने आज जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रकृति को बचाकर ही हम धरती की रक्षा कर सकते हैं बाईट जहां संभव है वहां ठीक तरीके से पेड़ लगाना यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सौर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतो की मदद से साढ़े चार लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जिसका कई देशों ने स्वागत किया है प्रदेश के पांच विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर इक्कीस अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए जदयू ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत चालीस नेता शामिल हैं भागलपुर जिले में पीरपैंती थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव के पास सुन्दरपुर पीरपैंती बाजार मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया वहीं लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिहटा और नादियामा के बीच एक पिकअप वैन के पलटने से चालक की मौत हो गयी मधुबनी जिले में मधेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में दुर्गापूजा मेले में लगे झूले में करंट आने से दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई सारण जिले में बनियापुर थाना क्षेत्र के जहागीरपुर गांव में सड़क निर्माण के लिए खोदे गये गड्ढे में ड्रबकर आज दो युवकों की मौत हो गई